लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के नाम नए पंजीकरण और पहचान पत्र में परिवर्तन के सत्यापन के लिए मतदाता पुष्टि और सूचना कार्यक्रम शुरू दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आध्रनिकीकरण और मरम्मत कार्यों के चलते आज से इकतीस मार्च के बीच अनेक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी कैम्प को किया ध्वस्त बड़ी मात्रा में विस्फोटक और माओवादी सामग्री बरामद मुकेश गुप्ता रजनेश सिंह निलंबित नागरिक आपूर्ति निगम नान के कथित घोटाले मामले की जांच गलत ढंग से करने और अवैध तरीके से फोन टेपिंग कराने के मामले में आरोपी बनाए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है मुकेश ग्रप्ता महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं जबकि रजनेश सिंह नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ थे एडीजी के रूप में मुकेश गुप्ता आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू में पदस्थ थे उस दौरान नागरिक आपूर्ति निगम में छापा मारा गया था आरोप है कि इस मामले में मुकेश गुप्ता ने जानबूझकर जांच की दिशा बदली उस दौरान रजनेश सिंह ईओडब्ल्यू में पुलिस अधीक्षक थे ईओडब्ल्यू ने दोनों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हए कहा है कि कूटरचना और छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है यह निजता के हनन का बहुत गंभीर मामला है उन्होंने यह भी कहा कि जो कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ आगे और भी बड़ी कार्रवाई होगी मतदाता पुष्टि और सूचना कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के नाम नए पंजीकरण और मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन के सत्यापन के लिए मतदाता पुष्टि और सूचना कार्यक्रम शुरू किया है आयोग ने सभी जिलों में संपर्क केंद्र भी गठित किए हैं जिसका हेल्पलाइन नंबर है एक नौ पांच शून्य लोकसभा आम चुनाव के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर नई दिल्ली में दो दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों को नया पंजीकरण पते में बदलाव और अन्य संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए विशेष ऐप का भी शुभारंभ किया गया

स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर पुलिस अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि मतदान और मतगणना केंद्र में मोबाइल तथा कैलक्लेटर आदि नहीं ले जाने के निर्देश हैं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव बिना अवरोध के शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने में पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है पुलिस के संयमित व्यवहार के चलते शिकायतों का भी तत्परता से निराकरण हुआ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी पुलिस से इसी प्रकार के संयमित व्यवहार की उम्मीद जाहिर की उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को आयोग के मार्गदर्शी बिंदुओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर विजय अग्रवाल ने सुरक्षा बलों के डिप्लायमेंट की जानकारी दी उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बल तथा नगर सेना के जवान तैनात रहेंगे

शराब के अवैध परिवहन संग्रहण और मतदाताओं को शराब वितरण पर प्रभावी रोक लगाए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की जानकारी दी केंद्रीय श्रम मंत्री केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से लगभग डेढ़ करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति गंभीर है श्री गंगवार ने कहा कि हाल के बजट में रिक्शा चालक छोटे द्वकानदार और ग्रामीण श्रमिक जैसे असंगठित क्षेत्र के लिए मेगा पेंशन योजना श्ररू की गई है श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के लगभग तीन करोड़ श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है ट्रेन प्रभावित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विभिन्न सेक्शनों में आधुनिकीकरण और संरक्षा संबंधी कार्यों के चलते आज से इकतीस मार्च के बीच अनेक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक दर्ग से छूटने वाली दर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस इस अवधि के दौरान कुल इक्कीस दिन रद्द रहेगी वहीं टाटा नगर से छूटने वाली टाटा नगर एलटीटी अंत्योदय एक्सप्रेस चौदह दिनों तक नहीं चलेगी इसी तरह हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस सात दिनों तक रद्द रहेगी नांदेड सांतरागाछी एक्सप्रेस और सांतरागाछी पुणे हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन भी सात दिनों तक नहीं होगा इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे होकर जाने वाली लम्बी दूरी की कुछ एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द किया जा रहा है

मिली जानकारी के मुताबिक चिंतलनार इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे इसी दौरान दुल्लेड़ के नजदीक की पहाड़ियों में माओवादियों द्वारा बनाए गए एक कैंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया मौके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और माओवादी सामग्री बरामद की गई है

इस दौरान लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंर्तगत निर्माणाधीन कार्यो की जांच पड़ताल की गई जांच दल ने कई निर्माण कार्यो में अनियमितता और तकनीकी खामियां भी पकड़ी हैं मुख्य तकनीकी परीक्षक ने बताया कि इन कार्यो के निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित खंडो और संभागों को जारी किए जाएंगे और मौके पर तकनीकी खामियों का तत्काल निराकरण करने के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाएगी बौद्ध परिषद महोत्सव महासमुंद जिले के सिरपुर में दो दिवसीय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस के जी बालाकृष्णन ने आज इस महोत्सव का उद्घाटन किया महोत्सव में देश दुनिया के बौद्ध भिक्षुक शामिल हो रहे हैं डॉक्टर कारण बताओ नोटिस बिलासपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने जिला अस्पताल में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले आठ डॉक्टरों के एक दिन का वेतन काटने और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर के निर्देश पर सहायक कलेक्टर ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया इस दौरान ये सभी डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित मिले वजन त्यौहार प्रदेश में बच्चों के पोषण की स्थिति की जांच के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्यारह से बीस फरवरी तक वजन त्यौहार मनाया जाएगा महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में पांच वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर की जांच और ग्यारह से अट्ठारह वर्ष की किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा वजन त्यौहार के दौरान कम वजन वाले बच्चों को चिन्हांकित कर कुपोषण की सही स्थिति का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा इस अभियान में किशोरी बालिकाओं की जांच को इसी वर्ष से शामिल किया गया है वजन त्यौहार के दिन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को शाम पांच बजे तक खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में रायगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी पीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हजार अट्ठारह आगामी सत्रह फरवरी को आयोजित की गई है यह परीक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली सुबह दस बजे से दोपहर बारह बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी इसके लिए प्रदेश में छप्पन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं